कहा हालात से निपटने के लिए सुरक्षा बलों को पूरी आजादी

प्रदेश में आतंकवादी हमले के विरोध में जगह जगह निकाला गया आक्रोश मार्च

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि प्रलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर हमले जैसी हरकतों से भारत कभी कमजोर नहीं होगा और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को बड़ी भारी कीमत चुकानी होगी बाईट मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वह बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पडेगी मैं देश को भरोसा देता हूं कि हमले के पीछे जो ताकतें हैं इस हमले के पीछे जो भी गुनहगार हैं उन्हें उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि सुरक्षाबलों को कोई भी कार्रवाई करने की पूरी छूट दी गई है और ऐसी घिनौनी आतंकी हरकत के लिए पक्के तौर पर सजा दी जाएगी

यह मैं भली भांति समझ पा रहा हूं इस समय जो देश की अपेक्षाएं हैं कुछ कर गुजरने की भावनाएं हैं वो भी स्वाभाविक है हमारे सुरक्षाबलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है हमें अपने सैनिकों के शौर्य पर उनकी बहादुरी पर पूरा भरोसा है मुझे पूरा भरोसा है कि देशभक्ति के रंग में रंगे लोग सही जानकारियां भी हमारी एजेंसियों तक पहुंचाएंगे ताकि आतंक को कुचलने में हमारी लड़ाई और तेज हो सके प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व समुदाय में पूरी तरह अलग थलग पड़ चुका भारत का पड़ोसी अगर सोचता है कि वह ऐसी साजिशों से भारत को अस्थिर कर सकता है तो यह उसकी बहुत बड़ी भूल है

पक्ष में या विपक्ष में हम सब राजनीतिक छींटाकशी से दूर रहें इस हमले का देश एकजुट हो कर के मुकाबला कर रहा है देश एक साथ है देश का एक ही स्वर है और यही विश्व में सुनाई देना चाहिए क्योंकि लड़ाई हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं भारत ने आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान का सबसे अधिक वरीयता वाले व्यापारिक साझेदार देश का दर्जा वापस ले लिया है आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी मामलों की समिति की बैठक में यह फैसला किया गया केन्द्रीय मंत्री अरुण जेटली ने बैठक के बाद यह जानकारी दी श्री जेटली ने कहा कि विदेश मंत्रालय पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में प्ररी तरह अलग थलग करने के लिए हर संभव राजनयिक कदम उठाएगा बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में आज पुलवामा के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गयी विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सभाध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने कहा कि पूरा सदन ऐसे समय में एकजुटता के साथ देश के साथ खड़ा है

विधान परिषद में भी जम्मू कश्मीर में शहीद सीआरपीएफ जवानों को श्रद्धांजलि देने के बाद सभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गयी राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुलवामा में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने शहीद जवानों के परिजनों को दुःख की इस घड़ी में धैर्य धारण की शक्ति प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी इस आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है इधर शहीद जवानों को श्रद्वांजलि देने के बाद आज भाजपा अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा का पटना में होने वाला दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन स्थगित कर दिया गया पार्टी के बिहार प्रभारी भूपेन्द्र यादव ने मोर्चा के सभी संगठनात्मक कार्यक्रमों को भी स्थगित किये जाने की घोषणा की प्रदेश भर में आतंकी हमले की निंदा की जा रही है राज्य के विभिन्न हिस्सों में आज आक्रोश मार्च निकाला गया और शाम में कैंडिल मार्च निकाल शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी पटना मुजफ्फरपुर बक्सर सहित विभिन्न शहरों में सामाजिक राजनीतिक और छात्र संगठनों द्वारा शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी आतंकी हमले में शहीद बिहार के दो जवानों संजय कुमार सिन्हा और रतन कुमार ठाकुर के परिजनों को सांत्वना देने वालों का तांता लगा हुआ है संजय कुमार सिन्हा के मसौढ़ी के तारेगना डीह और रतन कुमार ठाकुर के भागलपुर के रतनपुर गांव में स्थित घर पर विभिन्न सामाजिक राजनीतिक संगठनों के अलावा स्थानीय लोगों ने परिजनों को सांत्वना दी इधर केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह केन्द्र के प्रतिनिधि के तौरपर रतन कुमार ठाकुर की अंत्येष्टि में शामिल होंगे केन्द्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने मोतिहारी में आयोजित सभा में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना आज से लागू हो गयी इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के कामगारों को साठ वर्ष की आय् के बाद तीन हजार रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन देने का प्रावधान किया गया है अठारह से चालीस वर्ष तक की आयु वर्ग के कामगार जिनकी मासिक आमदनी पन्द्रह हजार रूपये प्रति महीने से कम है को योजना का लाभ मिलेगा लोग अपने निकटतम कॉमन सर्विस सेंटरों पर पंजीकरण करवा सकते हैं इसके लिए आधार कार्ड बचत बैंक खाता और मोबाइल के साथ सीएससी पर जाना होगा साथ ही भारतीय जीवन बीमा निगम ईपीएफओ और ईएसआईसी के सभी कार्यालयों में विशेष हेल्प डेस्क बनाये गये हैं उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा बिहार के लिए घोषित विशेष पैकेज के तहत विभिन्न विभागों की चौहत्तर योजनाओं पर काम चल रहा है इनमें से पांच का काम पूरा कर लिया गया है आज विधान परिषद में वित्तीय वर्ष अठारह उन्नीस के तीसरे अनुप्रक बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए श्री मोदी ने कहा कि राज्य में महंगाई दर राष्ट्रीय औसत से शून्य दशमलव नौ प्रतिशत तक कम रही है विधान परिषद् की आज की कार्यवाही सुचारू तरीके से चली हालांकि भोजनावकाश के बाद विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण तीन बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी पहली पाली की कार्यवाही के दौरान मुख्य रूप से शिक्षा विभाग से जुड़े सवाल पूछे गये वहीं विधानसभा में दूसरी पाली के दौरान लेखानुदान संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा हुई और इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया राजस्थान के ऊपर बने चक्रवाती हवा के दबाव क्षेत्र के राज्य में प्रवेश कर जाने के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में आज सुबह से बूंदाबांदी हो रही है मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले अड़तालीस घंटों तक आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे कहीं कहीं हल्की से मध्यम वर्षा की भी संभावना है पश्चिम चंपारण जिले के गौनाहा बगहा रामनगर और कैमूर जिले के मोहनियां में छह मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गयी है सुशील चन्द्रा ने आज नई दिल्ली में भारत के निर्वाचन आयुक्त का कार्यभार सम्भाल लिया वे भारतीय राजस्व सेवा के उन्नीस सौ अस्सी बैच के अधिकारी हैं

कहा हालात से निपटने के लिए सुरक्षा बलों को पूरी आजादी

प्रदेश में आतंकवादी हमले के विरोध में जगह जगह निकाला गया आक्रोश मार्च